प्रदेश में खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को दिया जाएगा प्रमाण पत्र खेल मंत्री ने दिये निर्देश बागेश्वर जिले में दिव्यांगों के लिए खुला स्कूल दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाना उद्देश्य और सेवा के अधिकार से संबंधित सेवाओं और प्रमाणपत्रों के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

आज देहरादून में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिये गए

कैबिनेट बैठक में स्टोन क्रेशर के शुल्क भी तय किये गए

कैबिनेट बैठक में जैविक कृषि विधेयक को मंजूरी दी गई सरकार जैविक विधेयक को विधानसभा में पास करायेगी

इसके तहत रासयनिक खाद और कीटनाशक पर प्रतिबंध होगा कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड विश्वविद्यालय संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी मिलने के साथ ही कुल सचिव उप सचिव के नियुक्ति के लिए नियमावली में बदलाव भी किया गया

यह कमेटी वन मंत्री हरक सिंह रावत के नेतव में गठित होगी

व्यावसायिक संघ बनाने के लिए ट्रेड यूनियन के नियम में भी बदलाव किये गए हैं

नर्सरी एक्ट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है

खेल मंत्री ने अधिकारियों को खेल महाकुम्भ में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिये ताकि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जा सके उन्होंने कहा कि गरीब प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी हर संभव सहायता और पंचायत स्तर तक प्रतिभाएं तलाशने का कार्य लगातार किया जाए खेल महाकुम्भ अवधि के दौरान सभी खिलाड़ियों के रहने खाने फर्स्ट एड आदि की उचित व्यवस्था के भी निर्देश दिये गए

बैठक में खेल सचिव ब्रजेश कुमार संत ने बताया गया कि खेल महाकुम्भ में इस वर्ष दो लाख से अधिक खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जायेगा दिव्यांगजन के खेल आयोजन केवल राज्य स्तर पर होंगे इसी प्रकार महिला वर्ग के खेल जिला और राज्य स्तर पर आयोजित होंगे उजाला योजना केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एल ई डीज फॉर ऑल यानि उजाला योजना का असर अब हरिद्वार में देखने को मिलने लगा है

उन्होने बताया कि प्रतिमाह डाकघर से पांच हजार बल्बों की सेल की जा रही है जिसका लाभ हरिद्वार की जनता को मिल रहा है आप को बता दें कि इस योजना को लागू करने का मुख्य उदेश्य जल्द से जल्द भारत के हर घर में एल ई डी बल्ब पहुँचाना है

उजाला योजना से बिजली की बचत होती है और यह बल्ब अन्य बल्ब की अपेक्षा सस्ते होते है राज्यपाल नानकमता राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रकाश पर्व के अवसर पर आज नानकमत्ता स्थित श्री गुरूनानक साहिब के दरबार में मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की

राज्यपाल ने कहा कि यह स्थान समाज में फैली जात पात के बंधनों से मुक्ति दिलाता है उन्होंने सभी से श्री गुरूनानक देव के पदचिन्हों पर चलने का आहवान किया उन्होंने कहा कि सभी को समाज को नशे से मुक्ति दिलाने और जरूरतमंदों की सेवा करने का संकल्प लेना होगा यही श्री गुरूनानक देव के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी

इस मेले में भारत नेपाल चीन भूटान और तिब्बत के व्यापारी अपने देश के प्रसिद्व उत्पादों का व्यापार करते हैं मेले के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं दिव्यांग स्कूल बागेश्वर जिले में दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए सोसायटी फॉर सोशियल एडवांसमेंट और हिमालयन स्टडीज विद्यालय की शुरूआत की गई है जिले में पहली बार दिव्यांगों के लिए अलग से विद्यालय खुलने पर हर किसी ने इसकी सराहना की है विद्यालय के अध्यक्ष लक्ष्मण कुमार गौतम ने बताया कि यहां बच्चों को शिक्षा के साथ ही संगीत की तालीम दी जाएगी इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा

ऑनलाइन आवेदन सेवा के अधिकार से सबंधित सेवाओं और प्रमाणपत्रों के लिये आवेदन लोग अब घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने जनता को ऑनलाइन आवेदन सुविधा उपलब्ध कराने और सेवा के अधिकार के अंतर्गत अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए थे

गौचर मेला चमोली जिले मे सात दिवसीय गोचर मेला कल से आरंभ होने जा रहा हैं इस बार मेला अपने बहुआयामी रंग में देखने को मिलेगा मेले मैं जहां राष्ट्रीय स्तर के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे वही एडवेंचर स्पोर्ट्स भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे इस बार मेले में एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता को भी शामिल किया गया है जिसको लेकर भी खासा उत्साह बना हुआ है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने गोचर मेला मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होन मेला मैदान में लगे स्टाल मुख्य पंडाल किड्स जोन खेल मैदान सहित प्रवेश द्वारों वाहन पार्किंग व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आज रात तक सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए

यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है

साहसिक खेलों के शौकीनों के लिए टिहरी झील पिछले तीन सालों में पहली प्राथमिकता वाला गंतव्य बनकर उभरा है

टिहरी झील के लिए सरकार ने टाडा यानि टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण का गठन किया हैं ऑडिट टीम नैनीताल नैनीताल में रेडक्रास सोसाइटी द्वारा संचालित जन औषधि केन्द्रों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष ऑडिट टीम का गठन किया गया है नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल की शासन को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ द्वारा टीम का गठन किया गया है